उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने बौद्ध धर्म को सच्चाई की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा भगवान बुद्ध का ज्ञान तथा शिक्षाएं बौद्धिक उदारता और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परम्परा के अनुरूप हैं उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उदघाटन किया समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया है राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्ध धर्म ने भारत से पडोसी क्षेत्रों में फैलना शुरू किया और इसकी विभिन्न शाखाएं नये नये क्षेत्रों में फली फूली उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्राचीन समय से ही मानवता के कल्याण के लिए भारत की सभ्यता की यात्रा के अंग के रूप में राष्ट्रपति भवन में आषाढ पूर्णिमा के समारोह का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि आषाढ पूर्णिमा की परम्परा करीब ढाई हजार वर्ष पहले शुरू हुई जब पहली बार महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक युग में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीम राव आम्बेडकर ने भी महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रेरणा ली और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने में उनका उपयोग किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व इस समय असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके अंतिम समाधान केवल भगवान बुद्ध के आदर्शों से ही प्राप्त हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महात्मा बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों को जोडने पर ध्यान दे रही है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में घोषणा की थी कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा इससे अनेक लोग श्रद्धालु और पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरू पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में युवा पीढ़ी को अपने अध्यापकों का सम्मान करने उनके दिखाये मार्ग पर चलने और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा है

सेना की ओर से इस पर दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि बहादुर सैनिकों के उपचार की व्यवस्था को लेकर आशंकाएं व्यक्त किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि तेजी से जांच की सुविधा बढाने से रिकवरी में फायदा मिला है उन्होंने बताया कि कोरोना को स्कूलों के पाटयकम में शामिल करने से आने वाली पीढी जागरूक होगी

भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में किये जाने वाले नमूनों की जांच की यह सबसे बडी संख्या है आई सी एम आर जांच केंद्रो में लगातार वृद्धि कर रहा है

प्रदेश में चलाये जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम हो रहे है श्रीगंगानगर के सादूल शहर में दीपमाला बनाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया वहीं सूचना केन्द्र में कोरोना के संबंध में जानकारी देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है सवाईमाधोप्र जिले के साह नगर में अभियान के तहत आज पौधरोपण कार्यकम आयोजित किया गया ब्रंदी में रौचक तरीके से कबीर के दोहों की तर्ज पर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया गया

अगले दो सप्ताह में इसके अंतरिम परिणाम आने की संभावना है वंदे भारत मिशन का चौथा चरण कल से शुरू हो गया इस चरण में पांच सौ से अधिक उडानों का संचालन किया जायेगा इसके तहत एयर इंडिया के साथ साथ प्राइवेट कम्पनियों के विमानों का संचालन होगा

हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि टिडि्डयों पर अब हैलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिडकाव किया जाएगा

भारी बारिश के प्रभाव से दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के निचले इलाकों में पानी भरने और बरसाती नदियों के जलस्तर में वृद्धि का प्रर्वोन्मान जताया है मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले चार पांच दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की है जिससे अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट होने की संभावना है कुछेक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी है विभाग के अनुसार बीकानेर जोधपुर जयपुर अजमेर उदयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आज और कल तीव्र से मध्यम धूलभरी आंधी चलने और बिजली चमकने की संभावना है

गृहमंत्री ने कहा कि खामी विवेकानंद एक महान चिंतक और असाधारण वक्ता थे जिन्होंने न केवल देश में राष्टवाद की भावना जगाई बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के गुणों से अगवत कराया श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकांनद की शिक्षा के विचार वैश्विक भाईचारा और स्वजागरूकता आज भी समान रूप से प्रासंगिक हैं गहमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को युवाओं की क्षमता और परिवर्तनकारी शक्तियों में पुरा विश्वास था उन्होंने कहा कि वे यह मानते थे कि केवल युवा ही आने वाले समय में राष्ट्र के विकास को सही दिशा देंगे

बीस मिनट का यह कार्यक्रम हर शनिवार को आकाशवाणी के एफ एम और अन्य मीटरों पर सुबह सात बजकर दस मिनट से सुना जा सकता है रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा

उन्होंने कहा कि उद्योग शुरू होने से उत्पादन तो बढेगा ही वहीं प्रवासी श्रमिकों को रोजगार भी मिल सकेगा